इससे संबंधित प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पेश किया इस प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने की उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस संविधान संशोधन के अनुसमर्थन के लिए सत्र बुलाने में देरी की

उन्होंने सरकार पर अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति के अधिकारों के साथ खिलवाड करने का आरोप लगाया बहस में भाजपा के र्जागेश्वर गर्ग और बाबूलाल खराडी तथा कांग्रेस की ओर से जे पी चंदेलिया तथा कई अन्य सदस्यों ने विचार रखे सदन में आज नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ एक संकल्प प्रस्ताव भी पारित किया गया प्रस्ताव पेश करते हुए संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि संविधान की एक आधारभूत विशेषता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है संकल्प पत्र में केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है कि सीएए को निरस्त किया जाये प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हए कहा कि संसद के दोनो सदनों से पारित होने के बाद सीएए पहले ही कानून बन चुका है ऐस में इस तरह संकल्प पत्र पेश करने का औचित्य नहीं है इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए भाजपा के सतीश पुनिया ने भी कहा कि संसद द्वारा कानुन बनाये जाने के बाद इस तरह का प्रस्ताव लाया जाना संघीय ढांचे का अपमान है

चर्चा में कई अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया संकल्प पारित होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि हमारे संविधान में किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है उन्होंने कहा कि कई राज्यों में सीएए और एनआरसी के विरोध को देखते हुए केन्द्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए

राज्यस्तरीय मुख्य समारोह कल जयप्र के सवाईमानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र रोष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और मार्चपास्ट की सलामी लेंगे

इस दौरान पुलिस और सेना की ट्कडियों एनसीसी कैंडेट्स और स्काउट गाईड की ओर से परैड भी होगी साथ ही विभिन्न स्कूली बच्चों की ओर से व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये जायेंगे जयपूर में विधानसभा भवन उच्च न्यायालय सहित प्रमुख स्थलों पर ध्वाजारोहण के कार्यक्रम होंगे इस्रो तरह जिला और तहसीह मुख्यालयों पर भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जायेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की श्रभकामनाएं दी है

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसीबी सौरभ श्रीवास्तव और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विजिलेंस गोविंद गुप्ता को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया से वैश्विक समुदाय में इसका गौरव बढ़ा है

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मतदाताओं का आहवान किया है कि हर मतदाता अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें

वे जयपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर दो दिन का उत्सव आयोजित किया जा रहा है

चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर जयपुर तथा कई अन्य पूर्वी जिलों में शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है